मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगर मालवा में विशेषज्ञों के साथ करेंगे चर्चा

भोपाल इंदौर ग्वालियर सहित कई जिलों में संकमण रोकने के लिए सख्त हुआ प्रशासन

इससे लोग अधिक संतुष्टिदायक और स्वास्थ्यकर जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे

कोरोना प्रदेश प्रदेश में तीन दिन से कोरोना के नये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं

उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

इस दौरान उद्योगों को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड के साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है

वहीं गुना में भी जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिये गये हैं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि शहर में अब मंगलवार की जगह रविवार को बाजार बंद रहेंगे बैतूल में बाजार शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिग और मास्क का उपयोग जरूरी किया गया है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

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगर मालवा में विशेषज्ञों के साथ करेंगे चर्चा

भोपाल इंदौर ग्वालियर सहित कई जिलों में संकमण रोकने के लिए सख्त हुआ प्रशासन